उच्च न्यायालय ने मेहरानगढ़ हादसे की जांच के लिए गठित चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करने के दिए निर्देश महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती आज मुख्यमंत्री ने कहा प्रेमचंद ने अपनी लेखनी में आम आदमी की पीड़ा और संवेदनाओं का किया सजीव चित्रण वृक्ष मित्र अभियान हरा भरा राजस्थान की शुरूआत आज जयपुर से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए महिलाओं की जीत बताया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी द्वीट के जरिये विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है गौरतलब है कि राज्यसभा ने इस विधेयक को कल मंजूरी दी

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जायेगा बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए तीन साल जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरीमा और उनके अधिकारों के संरक्षण से जुडा हुआ है

राज्य कैबिनेट ने सोमवार को कानून व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताते हुए आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय लिया था मुख्य न्यायाधीश एसरविंद्र भट्ट तथा न्यायाधीश डाप्रष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कल महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राज्य कैबिनेट ने दो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय लिया है इसके किसी भी अंश को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा

संसदीय सचिव महेश जोशी ने बताया कि कल विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी के कक्ष में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में सत्र की अवधि बढाकर पांच अगस्त करने का निर्णय लिया गया है

तीन दिन तक चलने वाले इन कार्यकर्मों के तहत आज माउंटेन के सरकारी स्कूल में प्रदर्शनी का उदघाटन किया गया इससे पहले इन्दिरा मैदान से गांधी पार्क गुलाब बाग तक गांधी संदेश यात्रा निकाली गई इसे जिला कलेक्टर एस पी सिंह ने हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर उन्होनें पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में सभी को जानना जरूरी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिवट करते हए मुंशी प्रेमचन्द को श्रद्दाजंलि दी है उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी लेखनी में आम आदमी की पीड़ा और संवेदनाओं का सजीव चित्रण करते हुए साहित्य को सत्य का आईना बनाकर मानवता के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत किया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचन्द की रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि उनकी कहानियां समाज के कड़वे सच को उजागर करती हैं और उनमें निहित संदेश आज भी प्रासंगिक हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि युवती का आरोपी भाई और दो चाचा फिलहाल फरार हैं आरोपी मृतक के भी रिश्तेदार लगते हैं पुलिस के अनुसार मृतक के युवती से प्रेम संबंध थे

स्कूल और कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान की शुरूआत शिक्षा संकल से की गई इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासेरा मौजूद थे कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमे विद्यार्थियों को भी पौधे लगाने के लिये प्रेरित करना चाहिये ताकि राजस्थान को हराभरा बनाया जा सके अभियान के तहत सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पौधे लगाये जायेंगे उन्होंने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय पेड लगाना है

अधिकारी ने गाड़ी की छत पर चढकर अपनी जान बचाई